सीएम ऑन सचिवालयकर्मी म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य सचिवालय के अन्भागों में पत्रावलियों के निस्तारण में देरी के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरणों में सिर्फ स्थानान्तरण किया जाना ही पर्याप्त नहीं है सचिवालय में पत्रावलियों का निस्तारण समय पर हो इसके लिये म्ख्यमंत्री ने लोक निर्माण सिंचाई आवास खनन आबकारी एवं पेयजल अन्भागों में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक कार्यरत कार्मिकों को एक सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित करने के निर्देश दिये म्ख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि अब तक कैबिनेट के जितने भी निर्णय हए हैं उनका शत प्रतिशत अन्पालन स्निश्चित किया जाए उन्होंने कर्मचारियों की उपस्थिति की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये उन्होंने इसके लिये सीसीटीवी की व्यवस्था करने और उच्चाधिकारियों के स्तर पर निगरानी किये जाने को कहा म्ख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय जन आकांक्षाओं का भी केन्द्र होता है जनहित से ज्ड़ी योजनाओं की स्वीकृति में तेजी आने से उसका लाभ आम आदमी को समय पर मिल सकेगा साथ ही जन कल्याण के लिये समर्पित सरकार का सन्देश भी आम जनता तक पहंचेगा म्ख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये कि जब भी शासन स्तर पर जनहित में कोई नीति बनायी जाती है तो उसकी ड्राफ्ट पॉलिसी को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाने पर इसमें जनता के सुझाव भी प्राप्त हो सकेंगे कोविड अपडेट राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है

अतल्य उपकरण केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग तथा सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने आज नागप्र में अत्ल्य नाम का एक उपकरण जारी किया है रक्षा अन्संधान और विकास संगठन दवारा प्रमाणित और फ्रांसीसी और अमरीकी मानकों पर आधारित यह उपकरण देश में ही तैयार किया गया है

इस उपकरण को हाथ में पकड़कर इसका उपयोग किया जा सकता है क्योंकि इसका वजन केवल तीन किलोग्राम है

इस उपकरण के बारे में सकारात्मक बात यह है कि यह मन्ष्यों के लिए सौ प्रतिशत स्रक्षित है

इनमें से एक लाख लोगों को कर्ज मंजूर भी कर दिए गए हैं इस योजना को लेकर रे ह डी औ र प ट री विक्रेताओं में ब ह त उत्साह देखा जा र हा है क्यों कि उन्हें लॉकडाउन के बाद अपना व्यवसाय फिर शुरू करने के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं इस योजना के अंतर्गत एक वर्ष के लिए द स ह जा र रूप ये का क र्ज बि ना कि सी ज मा न त के दिया जा रहा है इसके अलावा इन लोगों को कर्ज का नियमित भुगतान करने पर ब्याज में सात प्रतिशत वार्षिक की द द र से सब्सिडी भी द दी जा ए गी डि जि ट ल लेनदेन करने वालों को एक हजार दो सौ रूपये का कै श बै क मि ले गा

इस योजना में गैर बैं कि ग वि त्ती य क म्प नि यों औ र ल घ वि त्ती य सं स्था नों को कर्ज देने वाले संगठन के रूप में निर्धारित किया गया है ये संस्था न सार्व ज नि क औ र नि जी स्क्षेत्रों के बैंकों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहकारी बैंकों और स्वयं सहायता बैं कों के अ ला वा हों गे

म्ख्य सचिव ने अधिकारियों को अपने विभागों से संबंधित रिफॉर्म्स को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए ठोस एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिये हैं श्रीकष्ण जन्माष्टमी श्रीकृष्ण जनमाष्टमी आज देश और प्रदेश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्वा और उल्लास के साथ मनायी जा रही है

मंदिरों में इस साल काफी कम भीड़ नजर आयी इस दौरान सामाजिक द्ररी का पालन किया जा रहा है चंपावत जिले में जन्माष्टमी सादगी और श्रद्धा के साथ मनाया गया जिले के विभिन्न स्थानों पर लगने वाले मेले महोत्सव और शोभायात्राएं इस बार निरस्त कर दिये गए

म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है म्ख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें ज्ञान कर्म प्रेम भक्ति और सद्भावना की भी प्रेरणा मिलती है श्रीमदभगवद गीता में भगवान श्रीकृष्ण दवारा दिये गये दिव्य संदेश में मानव जाति का कल्याण निहित है

कोरोना महामारी के कारण घर लौटे इन य्वाओं ने गांव में पैदा हो रही सब्जियों को सीधे किसानों से खरीदना श्रू कर दिया है इसके बाद वो नई टिहरी में स्टॉल लगाकर इन सब्जियों को बेच रहे हैं इससे किसानों को भी अपनी सब्जियों के बेहतर दाम मिल रहे हैं और इन य्वाओं की भी आमदनी हो रही है इसमें जिला प्रशासन और उद्यान विभाग इनकी मदद कर रहा है इनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने ख्द इन य्वाओं के बारे में जानकारी ली है जिलाधिकारी ने कहा कि उन्हें जिला प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद दी जाएगी हाथी कॉरिडोर हरिदवार के चिला रेंज में विश्व हाथी दिवस मनाया गया चिला रेंज में सबसे ज्यादा हाथी प्रवास करते हैं यहां हाथियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कई तरह के कदम उठाये जा रहे हैं

राजाजी पार्क के वन्य जीव प्रतिपालक कोमल सिंह ने बताया कि हरिद्वार में क्ंभ मेला बजट से हाथियों को रेडियो कॉलर लगाने का काम श्रू किया जा रहा है

इससे सैटेलाइट के माध्यम से हाथियों की आवाजाही का पर नजर रखी जा सकेगी साथ ही आबादी क्षेत्र की तरफ हाथियों के बढ़ने से पूर्व स्चना मिलने पर उन्हें वहां से खदेड़ा जा सकेगा

इन सभी को मुआवजा राशि भी दी गई है साथ ही नजदीकी मिलिट्री के डंपिंग यार्ड को भी हटाने पर सहमति बन गई है

इस हादसे में दो लोगों की मृत्यु हो गई है जबकि एक अन्य व्यक्ति वाहन सहित लापता है उसकी तलाश के लिए सर्च अभियान जारी है

मौसम विभाग के मुताबिक पिथौरागढ़ बागेश्वर चमोली नैनीताल उधमसिंह नगर पौड़ी टिहरी देहराद्रन और हरिदवार जिलों में कहीं कहीं भारी से बहत भारी बारिश और कहीं पर अत्यधिक बारिश हो सकती है इसके साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी है

उन्होंने कहा कि गैरसैंण का ग्रीष्मकालीन राजधानी बनना सवा करोड़ प्रदेशवासियों की भावनाओं का सम्मान है उन्होंने पत्रकारों को बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पहले देहरादून विधानसभा में झंडारोहण किया जाएगा इसके बाद मौसम साफ रहने पर हेलीकॉप्टर से भराड़ीसैंण जाकर विधानसभा भवन में ध्वजारोहण किया जाएगा